इनमें अश्वनी खड्ड पर नवनिर्मित पुल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जुन्गा की सांइस लैब और राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला जुन्गा में आवाज व वीडियो विश्लेषण मशीन का उदघाटन शामिल है मुख्यमंत्री जुन्गा पुलिस ग्राउंड में जनसभा को भी संबोधित करेंगे इस बीच आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक भी आयोजित होगी बैठक में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते स्कूलों को एक सप्ताह तक बंद करने सहित अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल हिमाचल सहित नौ राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोविड महामारी और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की समीक्षा की सर्दी और त्योहारों के मौसम में संक्रमण का जोखिम बढ़ने पर चिंता व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस दौरान और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि सर्दी के महीनों में सांस से फैलने वाले वायरस का प्रकोप भी बढ़ जाता है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में कोविड से स्वस्थ होने की दर सबसे अधिक है राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल कुल्लू रिथत प्रसिद्ध रोरिक आर्ट गैलरी नग्गर का दौरा किया और यहां स्थापित कृतियों का अवलोकन किया उन्होंने इसके वैभव को बनाए रखने और इसे संजोकर रखने पर बल दिया ताकि भावी पीढ़ी को हिमालयी संस्कृति की जानकारी मिल सके राज्यपाल ने कहा कि रोरिक आर्ट गैलरी ने नग्गर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि प्रत्येक भारतीय को रोरिक आर्ट गैलरी का अध्ययन व अवलोकन करना चाहिए आर्ट गैलरी के भारतीय अध्यक्ष रमेश चन्द्र और रूसी अध्यक्ष लारीसा सुरगीना ने राज्यपाल को गैलरी में स्थापित निकोलस की कृतियों की जानकारी दी

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

प्रदेश भाजपा में चल रही खींचतान पर दिव्य हिमाचल ने शीर्षक दिया है आलाकमान ने अनुराग ठाक्र को अचानक दिल्ली बुलाया पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी जा रहे हिमाचल दस्तक की खबर है प्रदेश के छह और शहरों को पानी देने से वर्ल्ड बैंक पीछे हटा आपका फैसला ने मख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से सुर्खी दी है गिरी गंगा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे इसी समाचार पत्र के अनुसार हिमाचल में युवा कांग्रेस अध्यक्ष की ताजपोशी में अटका रोड़ा पंजाब कसेरी की एक खबर है खाद्य आपूर्ति निगम के कर्मचारियों को मिला दिवाली का तोहफा तंग गलियां नहीं बनेंगी इलाज में बाधा स्ट्रेचर बाइक है ना शीर्षक से दैनिक जागरण ने लिखा है हिमाचल के मैदानी क्षेत्रों में दो तीन दिन में शुरू होगी सुविधा अमर उजाला ने खबर दी है हिमाचल में दिवाली पर दो घंटे ही ग्रीन पटाखे फोड़ सकेंगे लोग जबकि दिव्य हिमाचल का शीर्षक है दूषित शहरों में पटाखों पर रोक एनजीटी ने जारी किए आदेश